श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें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

और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि केन्द्र सरकार देश में बढते कोरोना संक्रमण पर कड़ी नजर रखे हुए है और महामारी से निपटने के लिए तत्परता से कदम उठा रही है महामारी की दूसरी लहर से निपटने की समुचित तैयारी नहीं होने के आरोपों को खारिज करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि जनवरी में कोविड मरीजों की संख्या कम होने के बावजूद सरकार ने इसे हल्के में नहीं लिया उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनवरी में केरल में बढते संक्रमण के मददेनजर राज्य की सहायता के लिए केन्द्रीय दल भेजे थे प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में छपे लेख में श्री जावडेकर ने कहा कि केन्द्र सरकार कोविड से निपटने के लिए अग्रणी भूमिका निभा रही है और राज्यों को सभी सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है श्री जावडेकर ने कहा कि कोविड प्रबंधन राज्य का विषय है लेकिन केन्द्र सरकार ने कोविड से निपटने के लिए सुझाव और दिशा निर्देश देने में कोई कमी नहीं छोडी है केन्द्रने कोविड महामारी पर काबू पाने के लिए राज्यों की तैयारियों के लिए उच्च स्तरीयटीमें तैनात की हैं

प्रशासनिक अधिकारियों और सिविल सर्जन के साथ समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक में उपायुक्त राजेश्वरी बी ने जिले में अब तक किये गये सैम्पल संग्रहण कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के आंकड़े प्रस्तुत किये समीक्षा के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने डॉक्टरों के सेवा समर्पण की प्रशंसा की उन्होंने ऐसे कोरोना वारियर्स को प्रोत्साहित करने की अपील की मंत्री ने संक्रमण को रोकने में समाजसेवियों और सामाजिक संस्थाओं को प्रतिनिधियों की मदद लेने का सुझाव दिया कृषि मंत्री ने संकट को अवसर में बदलने की विभागीय तैयारी के बारे में बताया उन्होंने कहा कि राज्य में विशेष कृषि कैलेंडर जारी कर दिया गया है

झारखंड में कोविड संक्रमण पर नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज संथाल परगना और पलामू प्रमंडल के सांसदों और विधायकों के साथ वर्चअल बैठक की मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड की स्थिति के संबंध में जानकारी ली उन्होंने कहा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष नजर बनाए हए हैं कल मुख्यमंत्री उत्तरी छोटानागपुर दक्षिणी छोटानागपुर और कोल्हान प्रमंडल के सांसदों एवं विधायकों के साथ वीडिया काफ्रेंसिंग के माध्यम से महामारी की स्थिति के संबंध में बैठक करेंगे और सभी के विचार जानेंगे मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि सभी राज्यवासियों को निःशुल्क वैक्सीन दिलाना सरकार की अगली प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड टेस्टिंग और कोरोना से रिकवरी लगातार बढ़ रही है पिछले दस दिनों में संक्रमण दर में भी कमी आयी है आईसीयूऑक्सीजन युक्त बेड जेनरल बेड की संख्या में भी पिछले एक माह काफी बढ़ोतरी की गयी है अमृत वाहिनी ऐप और अस्पताल सर्किट के कारण अब सभी तरह के बेड समय पर मिलने से सबको राहत मिली है ऑक्सीजन और अन्य जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी पर रोक लगाते हुए उन्हें और सुगमता से जनता तक कैसे पहुँचाया जाये इस पर सरकार लगातार कार्य कर रही हैं कोरोना राहत किट के जरिए हर जरूरतमंद तक दवाइयाँ समय पर पहँचाने का प्रयास किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया सीमित संसाधनों में लोगों तक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयासरत है उन्होंने कहा कि सब के सहयोग से आंशिक लॉकडाउन के फायदे दिख रहे हैं उन्होंने राज्यवासियों से कोविड गाइडलाइन के पालन की अपील की

इसके तहत कोरोना के इस संक्रमण काल में जरूरतमंदों तक आयुष चिकित्सा पद्धति होम्यिोपैथी पद्धति की दवाईयां और चिकित्सीय परामर्श दिया जाएगा

उसने यह उपलब्धि एक सौ चौदह दिन में हासिल की है

इस आयुवर्ग के लिए पहली मई से सबसे बडा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था संक्रमण के इस दौर में भी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के आग्रह पर बैंकिंग सेवाएं ग्रामीणों के दरवाजे तक पहुंचाने में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी बीसी सखी सहायक हो रही हैं गांव में बैंक वाली दीदी के नाम से प्रचलित ये दीदियां संक्रमण काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित हो रही हैं इनके माध्यम से घर बैठे जरुरतमंदों को विधवा पेंशन वृद्वा पेंशन एवं मनरेगा मजदूरी प्राप्त हो रही है इस कारगर व्यवस्था को देखते हुए मुख्यमंत्री ने भी अब हर पंचायत में एक बीसीसखी नियुक्त करने का लक्ष्य तय किया है ग्रामीण विकास विभाग के तहत झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से राज्य भर में तीन हजार तीन सौ तिरासी बैंकिंग कॉरेस्पोडेंट सखी कार्यरत हैं जो ग्रामीणों तक बैंकिंग सेवाएँ पहुंचा रही हैं

शहरी क्षेत्रों के साथ साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद रांची जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है इसी क्रम में आज रांची के उपायुक्त छवि रंजन उप विकास आयुक्त समेत अन्य पदाधिकारियों ने बुंडू अनुमण्डलीय अस्पताल का जायजा लिया बुंडू में अनुमंडलीय अस्पताल की बेहतर स्थिति को लेकर उपायुक्त ने डेडिकेटेड कोविड केयर अस्पताल के रूप में शुरुआत करने की योजना बनाई है

साथ ही डॉक्टर और पारा मेडिकल कर्मियों की संख्या में भी बढ़ोतरी कर कोविड के बेहतर इलाज के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण करने की बात कही डेडिकेटेड कोविड केयर अस्पताल के लिए आवश्यक वेंटिलेशन ऑक्सीजन सर्पोर्टेड बेड आईसीयू समेत अन्य स्वास्थ्य उपकरणो की भी बढ़ाया जाएगा गढ़वा जिले से लगनेवाले सभी राज्य की सीमाओं पर कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ा दी गयी है छत्तीसगढ़ यूपी और बिहार तीनों राज्यों की सीमाओं पर दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है दूसरे राज्यों की इन सीमाओं से झारखंड में प्रवेश करते ही प्रवासी मजदूरों को रोककर कोरोना जाँच की जा रही है

पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त कार्यालय से जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो द्वारा प्रदान किए गए आठ एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया

सांसद ने बताया कि यह एंबुलेंस मुसाबनी डुमरिया चाकुलिया घाटशिला जैसे कई ग्रामीण क्षेत्रों में काम करेंगे जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा कि जमशेदपुर में कोविड की रिकवरी रेट चौरासी प्रतिशत है उन्होंने कहा कि यूसीआईएल नरवा एचसीएल घाटशिला और चाकुलिया स्थित जसलोक अस्पताल को कोविड सेंटर में बदल दिया गया है मौसम विभाग ने रांची सरायकेला खरसांवा जिले के कुछ भागों में अगले कुछ घंटे में हल्के दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है इस मौसम को देखते लोगों से सतर्क रहने और सावधान रहने का आग्रह किया है इसके अलावा लोगों से सुरक्षित स्थान पर शरण लेने पेड़ के नीचे ना रहने बिजली के खंभों से दूर रहने और किसानों से अपने खेतों नहीं जाने का भी आग्रह किया है

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिब् सोरेन ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली

यह शराब झारखंड और बिहार में अवैध रूप से सप्लाई की जाती है

पाकुड जिले में आज चार सौ उनचास नए कोरोना संक्रमित पाये गए हैं